इनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली धवारस भटोरी सड़क साईचू चसाक सड़क और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलाड़ के अतिरिक्त भवन का निर्माण शामिल है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में सीमित कार्य समय को देखते हुए विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन भी दिया इस दौरान कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारंकडा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप रोहतांग सुरंग का कार्य समाप्ति पर है और इससे लाहौल स्पीति ज़िले के लोगों को वर्षभर आवाजाही की सुविधा भिलेगी उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में संचार सेवाओं में भी सुधार किया गया है भरमौर के विधायक जियालाल कपूर ने क्षेत्र में करोड़ों रूपये के विकास कार्यों का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया राज्यपाल राज्य रेडक्रॉस सोसाईटी के अध्यक्ष व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई है राज्यपाल ने आज शिमला में रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से नाईयों को पीपीई किट वितरित की उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना और सावधानी बरतने से इस महामारी से बचा जा सके इस दौरान राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकर भी मौजूद रहीं बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा ज़िले में परागपुर विकास खंड के तहत आने वाली पंचायतों में लंबित विकास कार्यों जल्द पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं वे आज परागपूर में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे बिक्रम ठाकूर ने कहा कि मनरेगा के तहत विभिन्न कार्यो को शुरू करने की अनुमति दी गई है और निर्धारित मापदंडों के ॅ अनुसार पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए

भाजपा बैठक प्रदेश भाजपा के सभी पदाधिकारियों मोर्चों के अध्यक्षों चारों संसदीय क्षेत्र के प्रभारियों व पालकों सहित ज़िला अध्यक्षों की एक बैठक आज वैबएक्स के माध्यम से आयोजित की गई

महिला कांग्रे स प्रदेश महिला कांग्रेस ने अध्यक्ष जैनब चंदेल के नेतृत्व में डीज़ल व पैट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में आज शिमला में प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा इस अवसर पर जैनब चंदेल ने कहा कि देश में पैट्रोल व डीज़ल की कीमतों में प्रति दिन बढ़ौतरी की जा रही है और सरकार लोगों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है उन्होंने कहा कि देश कोरोना महामारी की गंभीर चुनौती से गुजर रहा है और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है जैनब चंदेल ने कहा कि भाजपा नेता अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कांग्रेस नेताओं पर बेब्रुनियाद आरोप लगा रहे हैं लाहौल स्पीति कोरोना जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में कोरोना पॉज़िटिव का पहला मामला सामने आने के बाद घाटी में एहतियात बढ़ा दी गई है

उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति बीआरओ की एक निजी कम्पनी का कर्मचारी है उपायुक्त ने कहा कि कोरोना मामला सामने आने के बाद पटसेऊ इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और केलंग अस्पताल की ओपीडी को भी फिलहाल एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है सरोच ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति को कुल्लू शिफ्ट किया जा रहा है